दमोह जिले की हटा विधायक राम बाई के घर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई छापामार कार्यवाही आईपीएल के मैच आज से हो रहे शुरू पहला मैच चेन्नई सुपर किग्स और रायल चेलेंजर्स बैंगलूरू के बीच होगा

जम्मू कश्मीर मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में बारामूला बांदीपोरा और शोपियां जिलों में आतंकरोधी कार्रवाई में आठ आतंकवादी मारे गए हैं इनमें पाकिस्तांन से लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष कमाण्डर भी शामिल है आतंकरोधी अभियान गुरूवार को शुरू हुआ था लेकिन आतंकवादियों द्वारा दो नागरिकों को बंधक बनाकर रखने के कारण सुरक्षाबलों ने काफी एहतियात और सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की

विभिन्न स्थानों पर मुठभेड़ों में सात सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं एनडीए बिहार उम्मीदवार बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए आज अपने उम्मीद्वारों की घोषणा करेगा इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाईटेड और लोक जनशक्ति पार्टी राज्य ईकाईयों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे

वहीं भाजपा ने कल छत्तीस उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की इस सूची में आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ओड़िसा असम और मेघालय के उम्मीद्वारों के नाम शामिल हैं

वहीं कांग्रेस ने उत्तररप्रदेश के अपने उम्मीदवारों की नई सुची जारी कर दी है

वहीं बिहार के लिए महागठबंधन की सीटों का ऐलान किया गया है

विधायक छापा दमोह जिले के हटा मे हुए कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया की हत्या मामले में कल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई पुलिस ने पथरिया विधायक रामबाई और जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के घर एक साथ कार्रवाई की गौरतलब है कि इस हत्याकांड मे विधायक रामबाई के परिवार के तीन सदस्य और शिवचरण पटेल का पुत्र इन्द्रपाल पटेल मुख्य आरोपी है मतदाता जागरूकता लोकसभा निर्वाचन में शत प्रतिषत मतदान सुनिष्चित करने के लिए प्रदेषभर में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है

मततदाताओं को जागरूक करने के लिए सोषल मीडिया का भी बेहतर प्रयोग किया जा रहा है धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि धार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने कल फेसबुक के माध्यम से मतदाताओं से सीधे संवाद किया

नीमच में आज जिला निर्वाचन अधिकारी रजीव रंजन मीणा दोपहर तीन बजे से फेसबुक लाइव के जरिये मतदाताओं से संवाद करेंगे इस दौरान श्री मीणा लोगों को मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील भी करेंगे राजगढ़ जिले में भी इन दिनों हाट बाजारों में ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है यहां होली के रंग मतदान के संग अभियान भी चलाया जा रहा है झाबुआ में पिंक सप्ताह के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर रंगोली मेहदी प्रतियोगिता के जरिये महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है कोष के संचार निदेशक गैरी राइस ने बताया कि पांच वर्ष में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किये गये है और उच्च विकास दर बनाये रखने के लिए अभी और सुधार किये जाने चाहिए

आयोग ने एक बयान में कहा है कि उसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को मतदाता पुष्टि पर्ची की जांच के मुद्दे पर सुव्यवस्थित विश्लेषण और वैज्ञानिक ढंग से जांच करने का काम सौंपा था आयोग ने कहा है कि वह रिपोर्ट की समीक्षा करेगा

यह संस्थान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं अन्य राज्य पुलिस के कार्मिकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है अपने गठन के लम्बे समय से अर्जित व्यावसायिक दक्षता की वजह से जनता का इस बल में अटूट विश्वास रहा है

प्रदेश प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशी तय करने का घमासान जारी है बैठकों के कई दौर के बाद भी मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों के नाम का एलान नहीं हो पा रहा है दोनों ही दल जिताऊ चेहरों की तलाश में हैं भोपाल में घंटों की मैराथन बैठक के बाद अब दिल्ली में मंथन जारी है पार्टी के दिग्गज नेताओं ने होली के बाद दिल्ली में डेरा डाल लिया है कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेनतीजा रही बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि नाम का एलान अभी नहीं हुआ है वहीं भाजपा ने भी दिल्ली में बैठक की लेकिन मध्य प्रदेष के प्रत्याषियों पर निर्णय नहीं लिया प्रवर्तन निदेशालय कार्यवाही प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून का उल्लंघन के मामले में हर्रियत कांन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी पर चौदह लाख रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुसार विदेशी मुद्रा में रखी गयी राशि भी जब्त कर ली गई है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मैच आज से शुरू हो रहे हैं

रॉयल चौलेंजर्स बैंगलुरू ने अब तक कोई आईपीएल खिताब नहीं जीता है जबकि चेन्नई सुपर किंग्स तीन बार विजेता रह चुकी है हॉकी मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा

इस वर्ष मलेशिया कनाडा पोलैंड जापान और दक्षिण कोरिया भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं मौजूदा विजेता ऑस्ट्रॉलिया इस वर्ष टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहा है

प्रदेष के अधिकांष शहरों के तापमान में वृद्वि देखी जा रही है

मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में नवीन रंगप्रयोगों के प्रदर्शन की साप्ताहिक श्रृंखला अभिनयन में कल नाटक राजा भर्तृहरी का मंचन किया गया

उज्जैन में पंचक्रोशी यात्रा मार्ग का शुभारम्भ स्थल से लेकर समापन स्थल तक का निरीक्षण आज किया जायेगा